पीएम दीपावली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लोंगोवाल पोस्ट पर आज सैनिकों के साथ दीपावली मनाई जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है जो साहसपूर्वक राष्ट्र की रक्षा करते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जवानों का शौर्य हर परिस्थिति में विजयी रहा है चाहे वो हिमालय की चोटियां हों मरुस्थल का विस्तार हो या घने जंगल अथवा समुद्र की गहराइयां

उन्होंने कहा कि पूरा विश्व आज विस्तारवादी ताकतों से त्रस्त है उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इस सोच के खिलाफ मजबूत आवाज बन कर उभरा है भारत की रणनीति स्पष्ट है और वह आपसी समझ तथा दूसरों को समझने का अवसर देने की नीति पर विश्वास रखता है उन्होंने कहा कि यदि कोई हमें परखने का प्रयास करेगा तो उसे उसका गंभीर जवाब मिलेगा

धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार दीपावली के पर्व पर धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में फुलझड़ी जलाकर दीपावली मनाई गई यहां भस्म आरती के बाद भगवान महाकाल को सोने चांदी के आभूषणों का श्रृंगार कर अन्नकूट का भोग लगाया गया उधर सतना जिले के चित्रकृट में दीपदान मेला आयोजित किया जा रहा है जिसमें अब तक ढाई लाख से ज्यादा श्रद्वालुओं ने दीपदान किया आगरमालवा छिंदवाड़ा खंडवा निवाड़ी नीमच शहडोल अशोकनगर शिवपुरी सहित सभी जिलों में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है सीएम दीपावली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दीपावली पर मंत्रालय के पास स्थित भीम नगर झुग्गी बस्ती पहुंचकर बच्चों के साथ दीपावली मनाई श्री चौहान ने बच्चों और स्थानीय नागरिकों को मिष्ठान एवं फल भी वितरित किए उन्होंने सभी को पर्व की बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि उनका जीवन खुशियों के रंग से भर जाए यह दीपावली सभी के कष्ट दूर करे और प्रदेश के नागरिकों को आर्थिक समृद्धि दिलवाए

इस मदद से फसलों की लागत में कमी आई है केंद्र सरकार के इस कदम की खंडवा के किसान सराहना कर रहे हैं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

अब कोरोना के रोगियों की संख्या पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या का महज पांच दशमलव चार आठ प्रतिशत है

जन आंदोलन लोक कलाकार एवं कबीर भजन गायक कालूराम बामनिया ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने मास्क पहनने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

यह दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट में कहा कि आध्निक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका को सदैव याद रखा जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित की है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जवाहर लाल नेहरू को नई दिल्ली में शांति वन जाकर श्रद्वांजलि दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री की जयंती पर नमन किया उन्होंने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प माला चढ़ाई खेलो इंडिया केन्द्र सरकार खेलो इंडिया के तहत पांच सौ गैर सरकारी अकादमियों को आर्थिक सहायता देगी

खेलो इंडिया कार्यक्रम देश में जमीनी स्तर पर खेल की संस्कृति बहाल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है इसके तहत देश में खेले जा रहे सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना और भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है पिछले कुछ वर्षों में कई खेलों में भारत ने लगातार प्रगति की है

वे लम्बे समय से बीमार चल रहे थे श्री सारंग प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री विश्वास सारंग के पिता हैं प्रदेश में पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक श्री सारंग को पिछले दिनों एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई इलाज के लिये ले जाया गया था

इस बुलेटिन के अंत मे एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी